गृहमंत्री अभित शाह ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर पनर्गेठन विधेयक दो हजार उन्नीस भी पेश किया इस विधेयक में जम्म कश्मीर को विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है राज्य में सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत के आरक्षण के लिए जम्म कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस भी सदन में पेश किया गया इन विघेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है लेकिन कांग्रेस वामपंथी तणमल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचोबीच बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं गृहमंत्री अभित शाह ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाये जाने को उचित ठहराया है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढावा दे रहे हैं

प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान की अवमानना की है बहजन समाज पार्टी नेता सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने के सरकार के विधेयक का समर्थन करती है बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य ने भी इसका समर्थन किया भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ नही किया ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नेता नवनीत कृष्णन ने प्रस्ताव और विधेयकों का स्वागत किया शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया दूसरी ओर सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सदन से वॉकआउट किया उधर लोकसभा में कांग्रेस डीएमके और अन्य दलों ने जम्म कश्मीर के बारे में सरकार के फैसले पर विरोध प्रकट किया एक रिपोर्ट संविधान की धारा तीन सौ सत्तर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है यह धारा संविधान के इक्कीसवें भाग में अस्थायी तात्कालिक और विशेष प्रावधान के रूप में उल्लेखित है अपनी स्थापना के साथ ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह भारत के संविधान की धाराओं को राज्य मे लागू करने का अनुमोदन करे या धारा तीन सौ सत्तर का अभिनिषेघ करे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा राज्य का संविधान तैयार करने के बाद स्वतः भंग हो गई और धारा तीन सौ सत्तर पर कोई निर्णय नही लिया गया

संविधान सभा ने राज्य में राजशाही समाप्त करने का प्रस्ताव किया

राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए लागू संविधान आदेश दो हजार उन्नीस जारी कर दिया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह उन्नीस सौ चौवन में लागू संविधान आदेश का स्थान लेगा जिसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं आदेश के तहत अनुच्छेद तीन सौ सडसठ में कई घाराए जोडी गई हैं अब राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में गम्मीर रूप से घायल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिये विमान से लखनऊ से दिल्ली के एम्स लाने का निर्देश दिया है हालांकि ्कुछ देर पहले शीर्ष न्यायालय ने पीड़िता और उसके घायल वकील के स्थानांतरण के बारे में इस महीने की नौ तारीँख को सुनवाई करने की बात कही थी क्योंकि उनके परिवार की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं हुआ था और न ही स्थानांतरण की मांग की थी